पटना समेत प्रदेश के कई शहर ठंड की चपेट में

मुंगेर में एके सैंतालीस राईफल के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है पछुआ हवा के कारण गया में पिछले पांच दिनों से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है गया में तापमान सामान्य से चार डिग्री नीचे है जबकि पटना में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री नीचे दर्ज किया गया है प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान गया रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अगले अड़तीस घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्से में ठंड में बढ़ोतरी के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की है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 रेलवे ने कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेल से होकर गुजरने वाली चार जोड़ी और ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है वहीं घने कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है मूंगेर में पूलिस ने पूर्वासराय रेलवे स्टेशन के पास एके सैंतालीस और अन्य हथियार के साथ पार्षद पुत्र समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नम्बर इक्कीस की पार्षद के पुत्र तौसिफ इमाम उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों से पूलिस ने पचास हजार रूपये नकद भी बरामद किया है आरक्षी अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि ये तस्कर बेगूसराय और खगड़िया के नक्सलियों को यह हथियार बेचने जा रहे थे इस मामले में अब तक आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है चौतीस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि तीस लोग अभी भी फरार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ का गठन करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता में है उन्होंने से भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर प्रदेश का महौल बिगार रहे है लेकिन सरकार किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी देश में तम्बाकू को नियंत्रित करने के कानूनों के असरदार क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन आयोग सामने आया है आयोग ने अगले साल आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों में सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है निर्वाचन आयोग ने सभी आज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि वे न सिर्फ धूम्रपान पर प्रतिबंध सुनिश्चित कराये बल्कि सभी मतदान केन्द्रों पर तम्बाकू के इस्तेमाल पर भी सख्ती से रोक लागू करें रेलवे भर्ती बोर्ड ने चौदह हजार तैंतीस विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है इक्कीस रेलवे बोर्ड के जरिये ये नियुक्तियां की जायेंगी इसमें सबसे अधिक जूनियर इंजीनियर के तेरह हजार चौंतीस पदों पर नियुक्ति होगी इसके लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया दो से इकतीस जनवरी तक चलेगी नीति आयोग आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी करेगा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यह रैंकिंग जारी करेंगे जिससे इस वर्ष जून से अक्तूबर के दौरान जिलों की प्रगति की स्थिति का पता चलेगा इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास और बुनियादी ढांचा सहित अन्य पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की पारदर्शी तरीके से रैंकिंग की जाती है केन्द्र सरकार ने कहा है कि धान में एक प्रतिशत अधिक नमी पर सत्रह रूपये पचास पैसे की कटौती होगी अधिक नमी वाले धान बेचने पर किसानों की राशि कटेगी जारी निर्देश में कहा गया है कि किसानों को पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं करना होगा एक प्रतिशत नमी अधिक होने पर साधारण किस्म के धान कीमत से सत्रह रूपये पचास पैसे और ग्रेड ए धान से सत्रह रूपये सत्तर पैसे प्रति क्यिंटल राशि की कटौती होगी साथ ही इस छूट की मान्यता इकतीस जनवरी तक ही होगी राज्य सरकार दो हजार अठारह उन्नीस के लिए गन्ना की पेराई पर प्रति क्यिंटल दस रूपये का अनुदान देगी गन्ना उद्योग मंत्री खूर्शीद उर्फ फिरोज अहमद की अध्यक्षता में पटना में चीनी मिलों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पेराई सत्र दो हजार अठारह उन्नीस के लिए निम्न प्रजाति के प्रति क्यिंटल ईंख पर दो सौ पैंसठ सामान्य प्रजाति के ईंख पर दो सौ नब्बे और उत्तम प्रजाति के ईंख पर तीन सौ दस रूपये किसानों को मिलेंगे राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नियुक्ति अब नये नियम से होगों इसके अन्तर्गत मैट्रिक और समकक्ष पास को ही शैक्षणिक योग्यता माना गया है अधिकतम योग्यता वाले को कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर ग्यारह नए आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है इसके लिए सरकार तीन सौ तेरासी करोड़ रूपये खर्च करेगी अगले वर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों को अब बारह हजार रूपये कम खर्च करने होंगे जीएसटी कम होने से यात्रियों को ये बचत होगी केन्द्र सरकार ने हज कमिटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर हवाई यात्रा पर लगने वाले जीएसटी की दर को अठारह फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया है इससे अगले साल हज पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जहानाबाद जिले में नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड पंचमहला स्थित एक जर्जर मकान के गिर जाने से उसमें दबकर पांच लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गये जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी पश्चिम चंपारण जिले की बगहा प्रलिस ने माओवादी के सब जोनल कमांडर समेत तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान जोनल सब कमांडर की निशानदेही पर जिले के बाल्मीकीनगर थाना क्षेत्र से दो अन्य नक्सली को गिरफ्तार किया गया पटना पुलिस ने शराब तस्कर अमित राय को चालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान एक गाड़ी को रोका गया तभी चालक ने भागने के क्रम में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी इसके बाद पुलिस ने गाड़ी के पहिये पर गोली चला दी और गाड़ी रोककर तस्कर को गिरफ्तार किया इधर जिले के मनेर में भी तीन वाहनों से दस लाख रूपये कीमत की शराब बरामद की गयी है राजधानी पटना के कदमकुंआ थाना क्षेत्र के लोहानीपुर मुहल्ला में चौरासी हजार रूपये का जाली नोट देकर मोबाइल फोन खरीदने का मामला प्रकाश में आया है सभी जाली नोट सौ सौ रूपये के थे पुलिस इस सिलसिले में छापेमारी कर रही है कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के लालापुर बाजार में अपराधियों ने एक व्यवसायी से लाखो रूपये के आभूषण लूट लिये गोपालगंज अरवल और जमुई जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और बीयर के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है पूर्वी चम्पारण जिले के ड्मरिया घाट थाना के नरसिंह बाबा मंदिर के पास से पुलिस ने इक्यासी किलोग्राम गांजा बरामद किया है

रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बिहार टीम से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज आशुतोष अमन को बिहार रणजी टीम का कप्तान बनाया गया है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि मिजोरम के खिलाफ जीजोरहट में तीस दिसम्बर से शुरू होने वाले मैच में आशुतोष अमन के नेतृत्व में बिहार टीम खेलेगी और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है एके सैंतालीस बेचने जा रहे पार्षद पूत्र समेत तीन गिरफ्तार मुंगेर में हुई गिरफ्तारी दैनिक जागरण लिखता है आज लोकसभा से पारित होगा तत्काल तीन तलाक विधेयक एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है दिल्ली यूपी में सीरियर ब्लास्ट की साजिश रचते दस गिरफ्तार दैनिक भास्कर का शीर्षक है जहानाबाद में छज्जा गिरने से मां बेटी समेत पांच की मौत प्रभात खबर की सुर्खी है सचेत होने का वक्त प्रदूषित हवा फेफड़े को कर रही खराब प्रदेश के तकरीबन सभी बड़े शहरों में अच्छी हवा के दिनों में लगतार हो रही कमी आज अखबार लिखता है बर्ड फ्लू पर सूबे में अलर्ट और अब अंत में मुख्य समाचार पटना समेत प्रदेश के कई शहर ठंड की चपेट में

मुंगेर में एके सैंतालीस राईफल के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार